विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने चंबा जिले की हरिपुर पंचायत में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की और लोगों की समस्याएं सुनी उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण की जितनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है उतनी ही अधिकारियों की भी है परमार ने कहा कि लोगों की शिकायतों का निपटारा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन जिले के ममलीग में जनमंच कार्यक्रम में भाग लिया इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की अनेक पंचायतों के लोगों की समस्याए सुनी और अधिकारियों को उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम प्रत्यक्ष संवाद व समस्याओं के समाधान का बेहतर मंच है बाद में पत्रकारों से बातचीत में सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस बार नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होंगे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने हमीरपुर ज़िले के झगड़ियाणी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लोगों की शिकायतों का निपटारा किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के तीन वर्ष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहे हैं और इस दौरान सरकार ने जनमंच जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया

गोविंद ठाकुर ने कहा कि लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए ही जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि उन्हें छोटी छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने सिरमौर ज़िले की गोरखुवाला पंचायत में लोगों की समस्याएं सुनी उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यों को ईमानदारी से पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से सरकार व जनता के बीच दूरी कम हुई है

ऊना ज़िले के किन्नू में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने जनमंच कार्यक्रम में भाग लिया

पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्वांजलि भी दी गई वन मंत्री राकेश पठानिया ने मंडी ज़िले के रिवाल्सर में हुए जनमंच कार्यक्रम में अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों से आपसी तालमेल से विकास के लिए काम करने का आहवान किया उन्होंने अनेक पंचायतों में पैसे के दुरूपयोग पर कड़ा संज्ञान लिया और बल्ह के खंड विकास अधिकारी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए

बिलासपुर ज़िले के बस्सी में भी जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने जनसुनवाई की

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने शिमला ग्रामीण की करियाली पंचायत में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अनेक प्रकार के दस्तावेज एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं उन्होंने अधिकारियों को जनशिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र इन शहीदों के बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा पुल्स पोलियो प्रदेशभर में आज पांच वर्ष तक के लाखों बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कांगड़ा ज़िले के देहरा अस्पताल में बच्चों को पोलियो ब्रूद पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने हमीरपुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली और वन मंत्री राकेश पठानिया ने रिवाल्सर में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार पोलियो केन्द्रों पर विशेष प्रबंध किए गए थे सभी पोलियो ब्रथों को सैनेटाइज किया गया था और मास्क पहनने सहित सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है

राठौर ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में राज्य सरकार की कारगुजारी पर असंतोष जताते हुए कहा कि इन मतपत्रों ने चुनाव परिणामों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की जाएगी वॉलीबॉल मंडी जिले के कंसाचौक में आयोजित राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज सम्पन्न हुई

पुरूष वर्ग में ऊना की टीम ने बिलासपुर जबकि महिला वर्ग में साईं छात्रावास धर्मशाला की टीम ने शिमला को हराकर खिताब जीता पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने विजेताओं को पुरस्कार बांटे

प्रदेश के खिलाड़ियों के चयन के लिए कल ऊना के एस्ट्रो टर्फ मैदान में ट्रायल होगा इच्छुक खिलाड़ी अपने दस्तावेजों सहित ट्रायल में भाग ले सकते हैं वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने पंचायती राज प्रतिनिधियों से गांवों के विकास के लिए कारगर योजनाएं बनाने का आहवान किया है मंडी ज़िले के हटगढ़ में आज नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों के विकास के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने आज कांगड़ा जिले के संसारपुर टैरेस में अग्निशमन केन्द्र का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि इसके खुलने से क्षेत्र के लोगों को आगजनी की घटना के समय सुविधा मिलेगी बिक्रम ठाकुर ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली को भी हरी झण्डी दिखाई राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज ऊना ज़िला के घंडावल में आटा मिल का निरीक्षण किया उन्होंने मिल प्रबंधन से बातचीत की और कार्य प्रणाली का जायज़ा लिया गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को गुणवत्तापूर्ण राशन उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है

और मंडी के कंसाचौक में हुई राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पुरूष वर्ग में ऊना जबकि महिला वर्ग में साईं छात्रावास धर्मशाला की टीम ने जीता खिताब

नमस्कार